प्रदेश में कल से मिशन इन्द्रधनुष शुरू

बीएसएफ केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केन्द्र सरकार सैन्य बलों को आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिये प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि देशवासी अपने को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि भारत से लगी दुनिया की सबसे अधिक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं समारोह को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बीके जोहरी ने भी संबोधित किया इस मौके पर उप राष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने सीमा सुरक्षा बल को बधाई दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बल के कर्मियों और उनके परिवार को बधाई देते हुए अपने टवीट में कहा है कि सीमा सुरक्षा बल बड़ी बहादुरी से देश की सीमा की रक्षा कर रहा है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और संकट की स्थिति में बी एस एफ कर्मियों ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है

उन्होंने कहा कि भारत ने आठ साल पहले पोलियो को निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही सफलतापूर्वक समाप्त किया था

इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस यानि सामुदायिक प्रयासों से फर्क पड़ता है इस अवसर पर आज प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये भोपाल में हाफ मैराथन और राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया आगरमालवा जिले में एड्स से बचाव के लिये लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जनजागरूकता रैली निकाली गई वहीं जिला चिकित्सालय में पोस्टर बैनर की प्रदर्शनी के माध्यम से नागरिकों को जानकारी दी जा रही है शाजापुर खंडवा रायसेन बालाघाट सहित विभिन्न जिलों में विश्व एड्स दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं मिशन इंद्रधन्ष पाँच वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए कल से आगामी चार माह तक प्रदेश में विशेष अभियान मिशन इन्द्रधन्ष चलाया जायेगा इसके तहत लगभग एक लाख बच्चों और तीस हजार गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष के बारे में संदेश देने के लिये जनजाग्रती रैली निकाली गई रैली में जन्म से दो वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने का संदेश दिया गया अन्य जिलों में भी जनजाग्रती रैलियां और कार्यक्रमों के आयोजित की गई

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकर्ते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं वस्तु और सेवा कर जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी वृद्धि हुई है

इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर महीने में यह वृद्धि नकारात्मक रही थी

पिछले महीने रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है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

फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले दुसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा वहीं भारतीय महिला टीम कल सेमीफाइनल में मॉलदीव को हराकर फाइनल में पहुंची मंगलवार को भारत का खिताबी मुकाबला मेजबान नेपाल से होगा